राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन के दरबार हॉल में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इस अवसर पर सेवानिवृत आई ए एस अधिकारी येशी सेरिंग ने लोकायुक्त के सदस्य के रुप में शपथ ली

इधर अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त पद की शपथ लेने के बाद संवाददाताओ से बातचीत में गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी के सैकिया ने कहा है कि भ्रष्ट्राचार मुक्त समाज की स्थापना उनका प्रमुख उद्देश्य है इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू लोकायुक्त गठन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे राज्य में भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है

लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि चीन की सीमा से लगे अरुणाचल के दूरदराज के गावों के लोगो को एल पी जी सिलेंडर मिलना राष्ट्रीय राजधानी से हवाई यातायात से कई नगरों के जुड़ने और ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल सहित कई महत्वपूर्ण पुलो के बनने से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच की दूरी कम हुई है

जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि आम चूनाव में जीत के बाद श्री आबे पहले मित्र थे जिन्होंने उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी उन्होंने जापान में नये सम्राट के शासनकाल की शुरुआत पर श्री आबे और जापान के लोगो को शुभकामनाए दी उन्होंने कहा कि जापान में रीवा युग की शुरुआत के बाद उनकी श्री आबे के साथ यह पहली मुलाकात है भारत के विदेश सचिव वी के गोखले ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी सुविधाओ के विकास के लिए जापान के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है

हालाकि जिला प्रशासन द्वारा भूस्खलन के मलवे को हटाने के इंतजाम किए गए है आज सुबह नाहरलगुन ईटानगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भूस्खलन के चलते सड़क पर पड़े हुए मलबे को हटाने में घंटो लगने से यातायात प्रभावित रहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी शाखाओं को निर्देश दे कि वे सभी मूल्य वाले सिक्कों को स्वीकार करें रिजर्व बैंक को शिकायतें मिली थी कि विभिन्न बैंको की शाखाए सिक्कों को स्वीकार नही कर रही है इसके बाद रिजर्व बैंक ने सभी बैंको को निर्देश दिया कि किसी भी लेन देन में सिक्कों को स्वीकार किया जाना चाहिए

सांगे लाहदेन स्पोर्टस अकादमी ईटानगर में कल विभिन्न खेल सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे युवाओ से क्षमता का विकास करने को कहा राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षकों को एक लक्ष्य के साथ खिलाड़ियों का चयन और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए इस अवसर पर सांगे लाहदेन स्पोर्टस अकादमी के छात्रों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया

चुनाव सुधारो की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मतदाता परिपक्व है और उनकी बुद्धिमत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता है श्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर दे रहे थे प्रधानमंत्री ने सभी सासदो से अपील की कि जिन लोगो ने उन्हें चुना है उनकी आकांक्षाए पूरी करने के लिए मिलकर काम करें

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान सात दशमलव सात मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई